रेलवे ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली दो सौ तीस रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की ब्रकिंग शुरू कर दी है टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं भारतीय रेलवे ने कहा है कि कल से अब तक तेरह लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केन्द्रों डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर यात्री सुविधा केन्द्र और आई आर सी टी सी के अधिकृत एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं उधर रेलवे ने पंद्रह जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि को सात दिनों से बढ़ाकर तीस दिन कर दी है इसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ स्टेशन के काउंटर से टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाजत दे दी है नये नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिन के पास ओसीआई कार्ड हैं और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत लौटना चाहते हैं उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई है वापसी की यह अनुमति ऐसे दम्पतियों को भी दी गयी है जिनमें से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहां उनका स्थायी आवास है इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास ओसीआई कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उन्हें भी वापसी की इजाजत होगी रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुंबई में ऋणों के भुगतान में और तीन महीनों की रियायत देने की घोषणा की जो इकतीस अगस्त तक प्रभावी रहेगी रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए पंद्रह हजार करोड रूपये की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की इस बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठनों ने दरों में की गई कटौती का स्वागत किया है झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं राज्य में कल बाइस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले इनमें हजारीबाग से आठ गुमला से सात चाईबासा से तीन रामगढ़ से तीन और जमशेदपुर से एक कोरोना संक्रमित मरीज शामिल है इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन सौ तीस हो चुका है इनमें रांची में एक सौ बारह गढ़वा में सैंतालीस हजारीबाग में इकतालीस पूर्वी सिंहभूम में सत्रह गिरिडीह में सोलह कोडरमा में सोलह बोकारो में पंद्रह पलामू में पंद्रह धनबाद में सात रामगढ़ में छह देवघर में पांच लातेहार में चार पश्चिम सिंहभूम में चार सरायकेला खरसांवा में चार गुमला में दस सिमडेगा में तीन लोहरदगा में दो जामताड़ा में दो दुमका में दो गोड्डा और चतरा में एक एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है फिलहाल राज्य में एक सौ इक्यानबे एक्टिव मामले हैं जबकि एक सौ छत्तीस संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा च्रके हैं वहीं तीन मरीजों की मौत हो च्रकी है पष्चिम सिंहभूम जिले में मिले तीन नए कोरोना संक्रमित मरीजों को चक्रधरपुर स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इसके लिए अस्पताल में ट्रनेट मशीन लगाई गई है इससे कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट बावन मिनट में मिल जाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन दो हजार बीस इक्कीस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है उन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी

केंद्र सरकार ने झारखंड को लगभग एक हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं यह राशि केंद्रीय करों में राज्य को दी जाने वाली राषि की दूसरी किस्त है यह राशि मिलने से कोरोना महामारी के कारण पैदा हई आर्थिक संकट से निपटने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी इससे पहले अप्रैल माह में केंद्र ने पहली किस्त की राशि दी थी गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों के तहत केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग छब्बीस हजार करोड़ रुपए तय की गई है इसमें से तीन हजार करोड़ रुपए झारखंड सरकार को आवंटित किया जा चुका है रांची नगर निगम स्थायी समिति की बैठक आज होगी इस बैठक में कोरोना संकट को देखते हए एक हजार स्क्वायर फीट तक के मकानों का होल्डिंग टैक्स माफ किए जाए पर फैसला होने की उम्मीद है इसके अलावा बडे मकानों का होल्डिंग टैक्स आधा करने पर भी निर्णय हो सकता है इस बैठक में निगम के किसी अस्थायी कर्मी की दुर्घटना में मौत होने पर उसके आश्रित को तत्काल एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि मनरेगा के तहत योजनाओं के चयन और मजदूरी दर निर्धारित करने का नीतिगत अधिकार राज्य सरकार को मिले

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि अभी के चुनौतीपुर्ण हालात में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक हालात को मजबूत बनाने के लिए यह जरुरी है श्री सोरेन ने यह भी कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार देने का प्रयास सरकार कर रही है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

निदेशालय स्तर पर इस सेल का गठन होगा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव शैलेश क्मार सिंह ने सभी पॉलीटेक्निक कॉलेजों के निदेशक और प्राचार्यो के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि लॉक डाउन की समाप्ति के बाद प्लेसमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्रप बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि स्थानीय उद्यमियों के अलावा विभिन्न कंपनियों और रोजगार दिलाने वाली एजेंसियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित किया जाएगा इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चल रही ऑनलाइन पढाई और नामांकन से संबंधित जानकारी ली उन्होंने कॉलेजों से कहा कि वे विद्यार्थियों को शल्क देने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएं जामताड़ा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत एक हजारएकड़ भूमि पर बागवानी की जाएगी इस योजना का मकसद ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ना है

आकाशवाणी समाचार के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा श्री जावडेकर ने इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सुचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज के खतरे से निपटने में मदद करें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं द्मका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र से पूलिस ने कल आठ अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि ये सभी अपराधी एक गिरोह से जुड़े हए थे और देर रात में सड़कों पर हथियारों का भय दिखाकर वाहनों से लुटपाट करते थे इनसे पूछताछ में कई सड़क लूट कांडों का खुलासा होगा और अब संक्षिप्त खबरें भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगभग सात लाख तेइस हजार रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया राजधानी रांची में आज से रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुल जाएंगी